वे कल गुजरात के केवड़िया में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने पुलिस बलों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि विभाघटनकारी तत्व अपने तात्कालिक लाभ के लिए जातीय विसंगतियों का फायदा उठा रहे हैं प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता के प्रति योगदान के लिए सरदार पटेल पुरस्कार की स्थापना की घोषणा भी की यह वार्षिक पुरस्कार सभी भारतीयों के लिए खुला रहेगा उन्होंने खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक भी प्रदान किए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर जारी एक डाक टिकट का भी विमोचन किया श्री मोदी ने साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी साइबर समन्वय केन्द्र के पोर्टल की भी शुरुआत की इससे सुरक्षाबलों को साइबर अपराधों को हल करने में मदद मिलेगी

इससे टीवी सेट टायर और वीडियो गेम्स जैसी कई वस्तुएं सस्ती होंगी वहीं दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन और तीर्थयात्रियों के लिये विशेष उड़ानों के लिये लगने वाले कर को भी कम किया गया है जनधन खाताधारकों से बैंकिंग सेवाओं पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा श्री जेटली ने कहा कि इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी उन्होंने बताया कि इससे होने वाले राजस्व घाटे पर मंथन के लिये मंत्रियों की समिति गठित की जायेगी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ दिन पहले कहा था कि सरकार यह चाहती है कि कई वस्तुएं जीएसटी की निचली दरों के दायरे में आ जाये

श्री कमलनाथ ने पदभार संभालते ही यह घोषणा की थी

नव दम्पत्ति को मुख्यमंत्री निरूशक्त विवाह योजना से एक लाख रुपये की राशि भी दी गई

विमुक्त ध्रमक्कड़ एवं अर्द्धध्मक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिये हैं इसके पूर्व राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष मुंशीलाल की नियुक्ति भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गयी

छह दिवसीय इस उत्सव के दौरान नृत्य गायन वादन के अलावा साहसिक गतिविधियां भी आयोजित की जायेंगी कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि उत्सव के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही जल थल गतिविधियां भी होंगी

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श कर मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने वाले विधायकों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है

मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिये वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह केपी सिंह एनपी प्रजापति आरिफ अकील विजयलक्ष्मी साधौ जीतू पटवारी बिसाहूलाल सिंह इमरती देवी तरूण भानौत दीपक सक्सेना पीसी शर्मा के अलावा लक्ष्मण सिंह जयवर्धन सिंह कमलेश्वर पटेल उमंग सिंगार और सचिन यादव के नाम लिये जा रहे हैं

यूरिया के रेक्स निर्धारित स्थानों पर निरंतर पहुँच रहे हैं

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के मैदानी अमले और सहकारी संस्थाओं को यूरिया का वितरण किसानों को सुगमता से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं यूरिया की निरंतर आपूर्ति के संबंध में पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमल नाथ ने केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से बात की थीं

इसका वितरण रायसेन भोपाल और सीहोर जिले में किया जा रहा है

प्रदेश भाजपा महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार यूरिया की कमी को लेकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती और उसे किसानों के लिये पर्याप्त यूरिया की व्यवस्था करनी चाहिये श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार राजनीतिक मुददा बनाने के लिये केन्द्र सरकार पर यूरिया आवंटन में भेद भाव का आरोप लगा रही है

कल भोपाल स्थित तात्याटोपे स्टेडियम में खेले गये फाइनल मैच में आरएसबी चंडीगढ़ ने हरियाणा को चार एक से हराकर खिताब हासिल किया दिल्ली की टीम तीसरी स्थान पर रही है उसने तीसरे स्थान के लिये खेले गये मैच में बेंगलूरू को पराजित किया हरमिन्दर सिंह को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ गोल रक्षक और राहुल को सर्वश्रेष्ठ मीडफिल्डर का पुरस्कार मिला

दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर कल खराब मौसम के कारण देर से शुरू हुए र्मेच में दिल्ली ने टॉस जीतकर मध्यप्रदेश को पहले बल्लेबाजी के लिये उतारा था

न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री का इजाफा हुआ है मौसम विभाग के मुताबिक रात के तापमान में भी मामूली वृद्धि हुई है हालांकि हिमालय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी फिर शुरू हो सकती है जिससे तापमान में फिर से कमी आ सकती है

राज्य के अन्य स्थानों में भी ठंड का असर बना हुआ है